श्री मोदी ने कहा कि अब सभी हॉट स्पॉट तथा वायरस की रोकथाम वाले क्षेत्रों में अधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा लॉकडाउन का और सख्ती से पालन किया जायेगा ताकि संक्रमण का प्रसार नये क्षेत्रों में न हो सके

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बारे में सरकार कल विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगी उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे डॉक्टरों नर्सों सफाई कर्मियों और पुलिसकर्मियों जैसे कोरोना योद्वाओं का सम्मान करें प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे अपने उद्योग और व्यवसाय में कार्यरत कामगारों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए वित्तीय संकट की स्थिति में उन्हें नौकरी से न हटाएं प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की तादाद आज बढ़कर नो सौ उनहतर हो गयी है

चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने कोरोना वायरस के संदिग्ध और संक्रमित मरीजों को अलग अलग करने और चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध संसाधनों के इस्तेमाल के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं

कोरोना से संक्रमित ऐसे सभी मरीज जिनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं हैं उन्हें इलाज के लिए निम्स मेडिकल कॉलेजराजकीय जयपुरिया अस्पताल और ईएसआई मॉडल अस्पताल में भर्ती किया जाएगा इसी तरह जयपुर में कोरोना संक्रमण के संदिग्धों को क्वांरटीन के लिए अन्य निर्धारित क्वारटाइन सेन्टरों पर भेजा जाएगा अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न जिलों से भी कोरोना से संक्रमित लक्षण रहित मरीजों को सवाई मानसिंह चिकित्सालय रैफर नहीं कर इनका संबंधित जिले के जिला अस्पताल में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की गाइड लाइन के अनुसार इलाज किया जाएगा

इसके साथ ही अब कारखाने में पीपीई किट बनाने का काम शुरू किया गया है

उन्होंने बताया कि कारखाने में मास्क सैनिटाइजर बनाने के बाद अब कारखाने में पीपीई किट बनाने का काम शुरू किया गया है ऐसे दो हजार किट बनाकर कोरोना वारियर्स को दिए जाएंगे केन्द्र सरकार लॉक डाउन के दौरान गरीब लोगों और किसानों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत कई सुविधाएं उपलब्ध करा रही है

इनका उद्देश्य कामगारो की मजदूरी संबंधी शिकायतों का समाधान करना और राज्य सरकारों के सहयोग से प्रवासी कामगारों की परेशानियां कम करना है रेलवे ने लॉक डाउन की अवधि बढाये जाने के बाद अपनी सभी यात्री सेवाओं को तीन मई तक स्थगित कर दिया है रेलवे ने माल दुाई सेवाओं के लिए तीन मई तक विलम्ब शुल्क स्थान शुल्क सहित कई अन्य शुल्कों की वसूली को भी स्थगित कर दिया है उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी अभय शर्मा ने बताया कि रेलवे की माल दुलाई सेवाए चालू रहेगी

लोगों को ये गलतफहमी है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन गोली के इस्तेमाल से कोरोना के संक्रमण से बचा जा सकता है

श्रोताओं से निवेदन है कि वे कोरोना संकमण के संबंध में सोशल मीडिया पर आ रही भ्रामक जानकारियों को साझा न करें और घरों में ही रहें सतर्क रहें और आकाशवाणी समाचार सुनते रहें देशमर में गेहूं की सरकारी खरीद कल से शुरू हो जायेगी हालांकि सरकार ने कोरोना वायरस के फैलने पर रोक लगाने के लिए खरीद केन्द्रों पर सुरक्षित दूरी बनाये रखने की शर्त लागू की है

कृतज्ञ राष्ट्र बाबा साहेब डॉ भीमराव अम्बेडकर को उनकी जयंती पर आज श्रद्धाजंलि अर्पित कर रहा है यह दिन राष्ट्रीय समरसता दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को शुभकामनाएं दी है प्रदेश में इस मौके पर लोगों ने घर में ही रहकर उन्हें श्रद्वापूर्वक याद किया टोक में सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए बाबा साहेब की प्रतिमा को माला पहनाई गई सीकर में जेल परिसर में सफाईकर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें माला पहनाई गई और प्रोत्साहन राशि तथा खाद्य सामग्री भेंट की गई